शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल पर उन्होंने बताया कि जलोड़ी जोत सुरंग की डीपीआर बनाने के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी के आधार पर नए सिरे से निविदाएं करने को कहा है इस सुरंग के जल्द निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर कॉल कर दिए जाएंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वायरस आने पर ये वैक्सीन कारगर साबित होगी यह शोध के बाद ही साफ हो पाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लगाना अनिवार्य नहीं है पंजीकरण करने के बाद भी लोग टीका लगाने से इंकार कर सकते हैं राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के कारण कोई मौत नहीं हुई है लेकिन वैक्सीन लगने के बाद एक की मौत हुई है

कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल के अनुपूरक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही लाभार्थी को वैक्सीन लगाई जा रही है कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल्लू जिले के मलाणा को चलाई जा रही बस को बंद करने को लेकर यदि किसी भी प्रकार का मेनुपुलेशन होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा प्वांइट ऑफ ऑर्डर उना के एक युवक को सउदी अरब में धर्मपरिवर्तन कर दफनाए जाने का मामला आज विधानसभा में उठा विधायक सतपाल रायजादा ने प्रश्नकाल के बाद प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत ये मामला उठाया उन्होंने कहा कि संजीव कुमार नामक यह व्यक्ति काम के सिलसिले में सउदी अरब गया था जहां पर उसकी मौत हो गई सतपाल रायजादा ने मामले को उठाते हुए कहा कि वहां से मिले दस्तावेजों के मुताबिक संजीव कुमार का धर्मपरिवर्तन करके उसे मुस्लिम बताया गया जो हिंदू था और वहां पर उसे मुस्लिम बता कर मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दफना दिया गया विधायक ने राज्य सरकार से मृतक के परिवार की मदद किए जाने को कहा ताकि उसके परिवार को कुछ राहत मिल सके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उना के युवक की सउदी अरब में हुई मृत्यु और उसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म से न करके मुस्लिम रीति रिवाज से किए जाने पर उसके परिवार के प्रति अपनी संवदेनाएं व्यक्त की राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है उन्होंने ऊना में हुई में लूट पाट व गोलीबारी की घटना को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार को पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाने का सुझाव दिया है राठौर ने कहा कि सोलन जिले के ओद्यौगिक क्षेत्र नालागढ़ व बददी में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की आवश्यकता है